इसके लिए सभी प्रबंधों को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से लाहौल स्पिति व कुल्लू जिलों के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर किए जा रहे प्रबंधों का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं कुल्लू जिला प्रशासन ने सोलंग नाला सहित अटल टनल रोहतांग के क्षेत्र में पैराग्लाईडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों का संचालन न करने के निर्देश दिए हैं इसके अलावा पर्यटकों को सोलंग नाला व मनाली के उपरी क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में जो पंचायतें व नगरपालिकाएं विभाजन और पुनर्गठन की प्रक्रिया से प्रभावित नहीं हुई हैं उनकी मतदाता सूचियां तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है

प्रारूप मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी बैठक राजस्व आपदा प्रबन्धन के निदेशक व विशेष सचिव डीसी राणा की अध्यक्षता में कल शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंटर एजेंसी ग्रुप और जिला इंटर एजेंसी ग्रुप के साथ बैठक की गई बैठक में जिला और राज्य स्तर पर इंटर एजेंसी ग्रुप के साथ जुड़े एनजीओ द्वारा आपदा प्रबन्धन के लिए चलाई जा रही गतिविधियों की समीक्षा की गई इस दौरान संयोजकों और सभी जिलों के सदस्यों ने जिला प्रशासन के साथ उनके कार्यों के बारे में चर्चा की और कोरोना महामारी से निपटने में उनकी भूमिका से अवगत करवाया

इस दौरान महिलाओं ने चील की पत्तियों से अलग अलग उत्पाद बनाने सीखे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है नड़डा ने कराया कीरतपुर नेरचौक फोरलेन का रास्ता साफ फिर शुरू होगा निर्माण कार्य दैनिक भास्कर के शब्द हैं पर्यावरण मंत्रालय ने कीतरपुर नेरचौक फोरलेन का काम शुरू करने को मंजूरी दी

हिमाचल दस्तक की एक खबर है कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से खुद बाते करेंगे जयराम ठाकर इसी पत्र के अनुसार बदलेगा बीएड का सिलेबस प्रक्रिया शुरू कोरोना संक्रमण पर पंजाब केसरी की सुर्खी है राज्यसभा सांसद इंदु कोरोना संक्रमित अनुराग आइसोलेट कुछ दिन पहले नड्डा से मिले थे हिमाचल के सभी सांसद

दिव्य हिमाचल लिखता है कोरोना से चार और मौतें इंदु गोस्वामी भी पॉजिटिव

नमस्कार